प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने लोगा से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए

उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं हर मुश्किल हालात हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है कुछ न कुछ सिखा करके जाती है सीख देती है कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है

प्रधानमत्री ने कहा कि अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है

श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता यह आई है कि अब लाग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए

उड्डयन क्षेत्र और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्यांण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डाक्ट्ररों नर्सों चिकित्साकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं हमें उनको सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश में कोरोना योद्वाओं को नुकसान पहुंचाने चोट पहुंचाने या उनके साथ हिंसा करने वालों को कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया है घरेलू कार्य में मदद करने वाले लोगों आस पड़ोस की दुकानों आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वालों बाजारों में काम कर रहे मजदूरों ऑटो रिक्शा चालकों का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज लोग यह समझ रहे हैं कि उनके बिना जीवन कितना मुश्किल हो होता जा रहा है हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिये एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी मूखा ना सोये हर कोई अपने सामर्थय के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेयटफॉर्म तैयार किया है

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद आर योग के महत्व को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें गर्म पानी काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें

इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनायें मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छूपे हुए भावों को देखना चाहिए जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका नजर आयेगा मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे दो गज दूरी बनाए रखेंगे मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक महीने के अंदर इसको हराना है इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर बल दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम मिले हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में टीम ग्यारह के साथ लॉकडाउन पर समीक्षा बैठक कर रहे थे

पूल टेस्टिंग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूल टेस्टिंग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना वायरस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है वहां पर फिजिलकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये

उन्होंने कहा कि तीस जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कोरोना संक्रमित दो सौ नवासी लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के एक हजार पांच सौ पच्चीस एक्टिव मामले हैं कोरोना संक्रमण से उन्तीस लोगों की मृत्यु हुई है

वहीं दस जिलों को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है प्रदेश के कई इलाकों में कल शाम और आज तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ है बिजनौर मेरठ शामली पीलीभीत संभल हापुड़ मुजफ्फरनगर बलिया और प्रतापगढ़ सहित कुछ जनपदों में बारिश होने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार मिले हैं प्रदेश में कई स्थानों पर गेहूँ कटाई का कार्य चल रहा है ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश का संज्ञान लिया है

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली के कारण हुई जन हानि में पीड़ितों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं